सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

मंदिरों में पुजारी करेंगे विशेष पूजा अर्चना सुन्दरकाण्ड और हनुमान चालिसा के होंगे पाठ

सभी जिलों में सैम्पल लेने के लिये मोबाइल टीमों ने भी टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया है राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से कोरोना की पॉजिटिविटी दर लगातार कम हो रही है और रिकवरी दर निरन्तर बढ़ रही है

संयुक्त सचिव ने कहा कि यदि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन न किया जाए तो एक व्यक्ति तीस दिन में चार सौ छह लोगों को संक्रमित कर सकता है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से लडाई में ऑक्सीजन का उचित उपयोग तथा रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयों को डॉक्टर के परामर्श पर लेना महत्वपूर्ण है श्री अग्रवाल ने लोगों से आग्रह किया कि केवल डॉक्टर की सलाह पर ही अस्प ताल में भर्ती हों जन आंदोलन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की

यह जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने दी

बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि होम आइसोलेसन को इस प्रकार से सुनियोजित करें कि देश भर में आइडियल बने मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के ऑकड़ों को देखें तो यही समय है जब कोरोना को समाप्त किया जा सकता है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि होम आइसोलेटेड मरीजों के पास कोविड गाइड लाइन के संबंध में गाइड लाइन की जानकारी पहंचाई जाए

ये जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित गेहूं उपार्जन की समीक्षा बैठक में दी गई बैठक में बताया गया कि गेहूं खरीदी केन्द्रों की क्षमता के अनुसार एसएमएस भेजे जा रहे हैं ताकि केन्द्रों पर भीड़ एकत्र नहीं हो प्रदेश में खरीदी की मात्रा के अनुसार बारदाने उपलब्ध हैं

हनुमान जयंती आज हनुमान जयंती है प्रदेश भर में रामभक्त हनुमान का प्रकटोत्सव धार्मिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है हनुमान मंदिरों में आकर्षक साजसज्जा की गई है कोविड संक्रमण के चलते हनुमान मंदिरों में केवल पुजारी ही पूजा अर्चना कर सकेंगे शोभा यात्रा और सामूहिक आयोजन नहीं किये जा रहे हैं धार्मिक स्थलों में सुन्दरकाण्ड और हनुमान चालिसा के पाठ किये जाएंगे

यहाँ अत्याध्रनिक स्वास्थ्य संसाधनों के साथ मेडिकल विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कल इसका निरीक्षण किया